हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड ने कहा है क सरकार राज्य में कृषि पर्यटन श्रू करने अतिरिक्त संग्रहण केन्द्र और तीन सौ चौलीस बागवानी गांव स्थापित करने पर विचार कर रही है श्री धनखड़ आज चंडीगढ़ में चौबीस मार्च को शुरू होने वाले कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन बारे जानकारी देते हुए आयोजित पत्रकारवार्ता में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि बाज़ार की संख्या में वृद्वि करने की भी योजना है सोनीपत के गन्नौर में स्थापित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी को राज्य सरकार की महत्वकांशी योजना बताते हए कहा कि अप्रैल से इस पर काम श्रू होने की संभावना है श्री धनखड़ बताया कि राज्य सरकार द्वारा तीसरे साल कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है

हर रोज प्रथम प्रस्कार में सोनालिका ट्रैक्टर दूसरे मे जोन डीयर और तीसरे प्रस्कार के लिए ब्लेट मोटर साइकिल दिया जायेगा

रिपोर्ट में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये गये है विश्वविद्यालय की निष्पादन परीक्षा में योजना बनाने की कमी वित्तीयप्रबंधन में कमियां सम्बदध कालेजों में मूलभूत संरचना तथा शैक्षणिक मानकों को लागू करना मानव शक्ति तथा कक्षाओं में मूलभूत संरचना की कमियां प्रकट हुई है रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने लघ् तथा लंबी अवधि की विकासकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए शैक्षिक योजना बोर्ड का गठन नहीं किया गया था और अधिशेष धन की सावधि जमाओं में निवेश न करने के परिणाम रूवरूप इक्यावन लाख इकहतर हजार रूपये के ब्याज की हानि हई

इसके अलावा चौधरी रंजीत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना पर किया गया दस करोड़ अट्ठानबे लाख रूपये का खर्च उददेश्यों की पूर्ति की पूर्ति न होने के कारण बेकार गये विश्वविदयालय की प्रटिंग प्रेस को उसकी क्षमता से कम इस्तेमाल करने के कारण चार करोड़ छप्पन लाख रूप्ये की हानि हई

यह रेलवे ट्रैक रोहतक गुहाना पानीपत रेलवे लाइन पर बनेगा और इससे ट्रेन शहर के ऊपर से हो कर गूज़रेगी जिससे रेलवे लाइन पर लगाने वाले जाम से निजात मिलेगी

इसके लिये ज़मीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने आज इस क्षेत्र का निरीक्षण किया

एक सरकारी प्रवकता ने आज चंडीगढ़ मे बताया कि जिलों के सिविल सर्जन इस बोर्ड के अध्यक्ष और जिला अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी इसके सदस्य होंगे प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड चिकित्सा लापरवाही के लिए निजी या सरकारी डाक्टरों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करेगा उससे जूड़े रिकार्ड को मंगवाने का अधिकार होगा तथा आवश्यकान्सार बोर्ड परिसर का निरीक्षण भी कर सकेगा आरोपी डाकटरो के खिलाफ जांच से पहले जांच अधिकारियों को बोर्डो से स्पतंत्र व सक्षम मेडिकल राय लेनी होगी बोर्ड एकत्रित तथ्यों के लिए बोलम के परीक्षण केा लाग निष्पक्ष निर्णय लेगा हरियाणा सरकार ने आगामी खरीफ मौसम के लिए राज्य में मिलों को धान के आंवटन की आठ हजार मीट्रिक टन से अधिकतम सीमा में छुट देने का निर्णय लिया है खादय एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने बताया कि यह छट उन मिलों को दी जायेगी जिन्होंने पिछले वर्षो दौरान कोई चूक नहीं की और अगर किसी कारणवंश चावल बकाया रह गया था तो उनकी पूर्ण राशि सरकार के राजकोष में जमा करा दी है

इससे सरकार को राइस मिलिंग में किये जा रहे डिफालट के कारण सरकारी खज़ाने को होने वाले नुकसान के भरपाई करने में मदद मिलेगी उन्होंने बताया कि ये निर्णय आगामी खरीफ मौसम से लागू होगा

आरोप पत्र में पर्व् मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिह हडडा एम सी तायल छतर सिंह एस एस शिल्लों पूर्व जिला नगर आयोजक जसवंत सिंह सहित कई बड़े अधिकारियों व बिल्डरर्स का नाम है

हरियाणा में रबी सीजन एक अप्रैल से शुरू हो जायेगी और पन्द्रह मई तक फसल की खरीद की जायेगी

गेहं की खरीद को लेकर मंडियों में व्यापक प्रबंध किये जा रहे है और पंचकृला से हमारी संवाददाता ने बताया कि उपायुक्त मुकुल कुमार ने आज मंडियों में खरीद प्रबंधों को लेकर अधिकारियों आवश्यक दिशा निदेश दिये और जिले की तीन मंडियों में किसानों के लिए बिजली पीने का पानी शौचालय नमी मीटर तथा फसल तथा फसल की सफाई के लिए पंखों की व्यवस्था स्निश्चित करने के निर्देश दिये स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में मरीज़ों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवायें देने और उनके लक्षित परिणाम प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न पुरस्कार दिये गये है ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर स्वासथ्य सेवाओं पर काम कर रही संस्थाओं ने दिये है श्री विज ने बताया कि दो पुरस्कार हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम द्वारा दी गई सेवाओं के लिए तथा तीन प्रस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पैरामीटरर्स में सुधार होने पर दिये गये है स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट श्रूआत के लिए विभाग स्कोच गोल्ड अवार्ड भी दिया है ये प्रस्कार मिशन निदेशक अमनीत पी क्मार ने दिल्ली में ग्रहण किये इसी प्रकार मातृ स्वासथ्य देखभाल और डिजीटल स्वासथ्य में नई शुरूआत के लिए स्कोच आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया तथा कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा कलकता में आयोजित समारोह के चिकित्सा सेवा निगम को दवाओं की सहज उपलब्धता के लिए वेयर हाउसेस को उपलब्ध करने के लिए प्रस्कृत कियागया प्रदेश में मातू मृत्यु दर कम करने के लिए विभाग द्वारा चलाये गये जीरो होम डिलीवरी अभियान की भी प्रंशसा हई